देश और प्रदेश में आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ रांची के प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास किया इस वर्ष के आयोजन में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया गया है रबर मैट के स्थान पर खादी से बनी योग चटाई का प्रयोग किया गया इस वर्ष के आयोजन का विषय है हृदय के लिये योग इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य देखभाल का एक मजबूत आधार बनाया जा सके

साथियों जब उत्तम स्वास्थ्य होता है तो जीवन की नई ऊंचाईयों को पाने का एक जज्बा भी होता है थके हुए शरीर से दूटे हुए मन से न सपने सजाये जा सकते है न अरमानों को साकार किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग का महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ जंगलों की तरफ दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है उन्होने योग को अनुशासन और समर्पण बताते हुये कहा कि योग सबका है योग अनुशासन है समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है योग आयु रंग जाति सम्प्रदाय मत पंत अमीरी गरीबी प्रांत सरहद के भेद सीमा के भेद इन सबसे परे है योग सबका है और सब योग के है प्रदेश में योग दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में राजभवन में आयोजित किया गया जिसमें राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया और विवरण हमारे संवाददाता से मुख्य कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में राजभवन में सुबह छह बजे शुरू हुआ जिसमें राज्यपाल रामनाइक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और दूसरे मंत्रियों के साथ ही ढाई हजार से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया जनरल वीकेसिंह स्रर्य प्रताप शाही चेतन चौहान और बजेश पाठक सहित कई केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्री भी विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए वाराणसी में गंगा नदी के घाटों और सारनाथ में योग करने के लिए खास इंतजाम किये गये सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस अवसर पर बोलते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग सबको जोड़ता है योग अपने आप को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है यह विद्या न केवल हमे निरोग बनाती है अपितु आध्यात्मिक उन्नयन के माध्यम से इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों को उद्घाटन करने का एक अवसर भी हमको प्रदान करता है जिन्हें हम सामान्य रूप से अपने मूल तथ्यों से देखने में असमर्थ होते हैं

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के हमारी सनातन परम्पराओं व संस्कृति के प्रति गहरे अनुराग का ही प्रतिफल है कि संयुक्त राष्ट्र से इक्कीस जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली ऊर्जा मंत्री ने कहा हम सब भारतवासी अब मैं देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का अभिनन्दन और आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने जिस तरह से यू एन के अन्दर इस प्रस्ताव को पास कराया और आज हम पांचवा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं यह हमारी भारतीय परम्परा है इसका दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ है और लोग योग को अपना रहे हैं जिससे कि निरोगी काया रहे मन शांत रहे पूरे देश भर में दुनिया के अन्दर सबने योग किया है और उत्तर प्रदेश ने खास तौर से चाहे स्कूल के बच्चे हों चाहे सीनियर सिटिजन हों सब ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लगभग सभी डिस्ट्रिक हेड क्वार्टर पर बहुत बड़े आयोजन योग हुये हैं और सभी लोगों ने उसमें हिस्सेदारी ली लखनऊ में प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में एक योग शिविर और करें योग रहे निरोग चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के मामलों को निपटाने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई है आज लोकसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में टेलीविजन समेत विभिन्न जन संचार माध्यमों में बढ़ रहे भ्रामक विज्ञापनों पर नजर रखती है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

विधेयक पेश होते समय सदन में शोर शराबा हुआ जैसे ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और यह विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा पिछले लोकसभा में दिसंबर में हमने इस बिल को पारित किया था उसके पहले भी पारित किया था फिर सुधार के लिए बदलाव किया था और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया नई लोकसभा आई इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए हैं हम संसद हैं हमारा काम कानून बनाना है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए हमें चुना है कानून पर बहस इंटरपटरेशन अदालत में होती है लोकसभा को अदालत न बनाएं अपनी सॉवरन पावर का इस्तेमाल करें कांग्रेस सांसद शशि थरूर और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल पर आपत्ति उठाई केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है

वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य और केन्द्र के पूरे समन्वय के बिना निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते वित्तमंत्री अर्थशास्त्रियों बुनियादी क्षेत्रों के प्रतिनधियों कृषि ग्रामीण विकास सामाजिक वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों के प्रतिनिधियों से भी बजट पूर्व चर्चा कर चुकी हैं